इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई दी राष्ट्रपति ने कहा है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध संस्कृति वाला राज्य है जिस पर हम सभी को गर्व है उन्होंने कहा है कि बिरसा मुण्डा के आशीर्वाद से राज्य आनेवाले वर्षो में निरंतर विकास करता रहेगा वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोर्दी ने कहा स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान और सामाजिक सदभाव के लिए उनके प्रयास हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थो में गर्रीबों के मसीहा थे इधर रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अपने स्थापना के बीसवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है इस राज्य की स्थापना का लंबा और संघर्षपूर्ण इतिहास है

यह राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है हमें धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाना है

इस कार्यक्रम में उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पदक और झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया

श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में शांति अमन चैन विधि व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा में पुलिस बलों का अहम योगदान रहा है उन्होंने कहा कि समय समय पर चूनौतियां आती रहती हैं जिसका सामना संयम धर्य और ईमानदारी से करना चाहिए उन्होंने कोरोनायोद्वा के रूप में पूलिस के जवानों की जिम्मेदारियों की भी सराहना की

प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रेच्य्टी मातृत्व लाभ सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बार्रे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है मंत्रालय ने हित धारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं

प्रारूप नियमों में केन्द्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित आधार आधारित पंजीकरण की भी व्यवस्था है रांची के उपायुक्त छबि रंजन ने आज टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान और नवजात शिशु सप्ताह का जिला स्तरीय इ लॉन्च समारोह में ऑनलाइन शुभारंभ किया

समारोह के दौरान ऑनलाइन माध्यम से पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए छवि रंजन ने कहा कि नवजात शिश् सप्ताह और टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को लेकर माइक्रो प्लानिंग कर लें समयबद्व और चरणबद्व तरीके से आयोजन करें उपायुक्त ने कहा कि एमओआईसी एक दूसरे से अपने अच्छे अनुभव साझा करें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर डेली एक्टिविटीज शेयर करें इधर रामगढ़ जिले में आज सदर अस्पताल रामगढ़ से नवजात शिशु सप्ताह के साथ ही यक्ष्मा कार्यक्रम टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर नीलम चौधरी द्वारा किया गया इस दौरान सदर अस्पताल में नवजात शिशुओ की माताओं के बीच तौलिया एवं मास्क का वितरण किया गया नवजात शिश् सप्ताह के दौरान जिले के सभी समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेत्थ एण्ड वेलनेस सेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सदर अस्पताल में शिश स्वास्थ्य से संबंधित विशेष ध्यान एवं आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी टीबी हारेगा देश जितेगा कार्यक्रम में दो सप्ताह से अधिक खांसी वाले संदिग्ध रोगियों की खोज स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर घर जा कर की जाएगी

भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलिहातू में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए इस अवसर पर श्री मुंडा ने बिरसा मुंडा के वंशजों और बंदगांव से आये बिरसाईतों से मुलाकात कर धोती भेंट की केंद्रीय मंत्री ने उलिहातू में आवास योजना के निर्माण कार्य की जानकारी ली इधर पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा जिले में झारखंड राज्य के स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कमार ठाकर पश्चिमी सिंहभुम जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा समेत जिले के वरीय अधिकारियों एवं आम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर छतर मांडू अंतर्गत व्यवहार न्यायालय के समीप स्थित भगवान बिरसा मुंडा की मुर्ति का जिला प्रशासन रामगढ द्वारा विधिवत रूप से अनावरण किया गया इस मौके पर विधायक सहित कई लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने बिरसा समाधि स्थल पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि अर्पित की

देश में नये मामलों की संख्या कल मामलों का केवल पांच दशमलव चार चार प्रतिशत है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव चार सात है जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है

विस्तृत ब्योरा दे रहे है लोहरदगा जिले के हरमू में आज सुबह दस बजे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई मृतक व्यक्ति जमीन कारोबार से जुड़ा था गौरतलब है कि पिछले दिनों जुरिया में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इसके पीछे भी जमीन का ही मामला था

जामताड़ा जिला के सतसाल गांव के निकट तेज गति से आ रही पिकअप वैन और कार की सीधी टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई